भोपाल के मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मातृशक्ति को सम्मानित किया शिवपूरी जिला मुख्यालय पर मिनी मैराथन रेस का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में बालिकाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया इस दौरान महिला एवं बालिका सुरक्षा को लेकर लोगों को शपथ दिलाई गई वहीं आगरमालवा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैराथन साईकिल रैली के साथ ही और हुनर हाट लगाया गया है

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पुलिस विभाग ने एक और अनुकरणीय पहल शुरू की है

वहीं टीकमगढ़ में आज सुबह कलेक्ट्रेट से नजरबाग तक साइकिल रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ प्रशानिक अधिकारी और जनप्रतिनधि शामिल हुए सतना में बालिका एवं महिलाओं की पांच किमी लंबी मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन दादा सुखेन्द्र सिंह स्टेडियम जवाहर नगर में किया गया इंदौर धार देवास ग्वालियर जबलपुर खंडवा सहित कई जिलों में महिलाओं के असाधारण कार्यों और उनके दृढ़संकल्प और साहस को सम्मानित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं बेटियों के नाम घर इस बार अंतराष्ट्रीय महिला दिवस शाजापुर जिले की बेटियों के लिए एक नई पहचान के साथ आया है जहाँ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक हजार घरों का नामकरण उन घरों में रहने वाली बेटियों के नाम पर किया गया है जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीशा सिंह ने कहा कि सतगाव गांव सहित जिले भर में बने करीब एक हजार घर ऐसे हैं जिनके नाम अब बेटियों के नाम पर रखे गए हैं

रक्षा राज्यर मंत्री श्रीपद नाइक ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने रक्षा साजो सामान के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के कई उपाय किये हैं

उन्होंने कहा कि घरेलू निर्माण के लिए सुजन पोर्टल पर लगभग आठ हजार रक्षा सामग्री अपलोड की गई है मध्य प्रदेश कोरोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सावधानियों के पालन के लिये रोको टोको अभियान को प्रभावी तरीके से लागू किया जाये अन्यथा कठोर कदम उठाना आवश्यक हो जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला कलेक्टर और क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रप सतर्क और सक्रिय रहते हुए स्थिति पर अभी से नियंत्रण करें अपने निवास पर कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए हमारे आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि मिली जानकारी को अनुसार इंदौर भोपाल बुहानपुर जबलपुर रीवा उज्जैन ग्वालियर और छिंदवाड़ा में तेजी से प्रकरण बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को इन जिलों पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं